मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में होगी श्रद्वांजलि सभा

भोपाल में स्थानीय मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में और ग्वालियर में फूलबाग मैदान में श्रद्वांजलि सभा होगी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज र्थिंसह चौहान पार्टर्री प्रदेश अ ध्यक्ष राकेश सिंह सहित बड़ी सेंख्या में लोग स्वर्ग ी य वाजपेयी को श्रद्धासुमन अ र्पिपत करेंगे दोनों नेता ग्वालियर की सभा में भी शामिल होंगे श्रद्धांजलि सभा के बाद कलश भाजपा प्रदेश कार्यालय में रखे जाएंगे इसके बाद उन्हें विभिन्न नदियों में अस्थि विसर्जन के लिए रवाना किया जाएगा सदभावना दिवस पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती प्रदेश में सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई कांग्रेस कार्यालय भोपाल सहित अन्य स्थानों पर श्री गांधी को याद किया गया भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में सद्भावना दिवस पर निदेशक प्रोफेसर सरित कुमार चौधरी ने शपथ दिलाई हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय कांग्रेस भवन सहित जिले भर में अनेक कार्यक्रम हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने कांग्रेस के इतिहास पर प्रकाश डाला इन्दौर स्थित फील्ड आउटरीच ब्यूरों में इस अवसर पर सहायक निदेशक मधुकर पवार ने कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई कि वे जाति संप्रदाय क्षेत्र धर्म और भाषा का भेदभाव किये बिना एकता और सदभावना के लिए कार्य करेंगे अलीराजपूर जिले में कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना की शपथ दिलाई वहीं नीमच में भी राजीव गांधी को याद करते हुए सद्भावना की शपथ दिलाई गई

तीन दिवसीय इस सम्मेलन में लगभग दो हजार हिन्दी विद्वानों ने हिस्सा लिया प्रवासी भारतीयों के बीच भाषा के विकास के लिए युवाओं से अधिक से अधिक संवाद करने के लिए बहुआयामी प्लेटफार्म बनाने का भी सुझाव सम्मेलन के दौरान दिया गया

इसी कड़ी में अशोक नगर में आज जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा गठित मीडिया मॉनीटरिंग समिति की बैठक संपन्न हुई बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशी मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति के अनुमति के बिना प्रिण्ट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापन जारी नहीं कर सकते हैं

स्वच्छ भारत पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है शहडोल जिले के ग्राम पंचायत बरहा टोला की रहने वाली रानी सोनी ने कुछ ऐसा किया है कि वे इस अभियान की जिले में रोल मॉडल बन ग ई

विनेश ने इस तरह भारत को इन खेलों में दूसरा स्वर्ण और कुश्ती का भी दूसरा स्वर्ण दिलाया विनेश इसके साथ ही एशिया ई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गयीं बजरंग पूनिया ने कल इन खेलों में देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था इन दो स्वर्ण पदकों सहित भारत के कुल पांच पदक हो गये हैं और वह पदक तालिका में सातवें स्थान पर है कमलनाथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज देवास में आयोजित कांग्रेस की किसान और युवा आ क्रोश रैली में शामिल हुए इस मौके पर जनसभा को संबोधात करते हुए श्री कमलनाथ ने बढ़ती महंगा ई को लेकर शिवराज सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं और वे गुमराह की राजनीति में लगे हुए हैं उन्होंने व्यापमं घोटाला की चर्चा करते हुए कहा कि इससे लाखों नौजवानों का भविष्य बर्बाद हुआ है उन्होंने कहा कि नए भविष्य का निर्माण करने में सहयोग प्रदान करें प्रदेशा ध्यक्ष बनने के बाद पहली बार कमलनाथ देवास आये इसे लेकर कांग्रेसियों में उत्साह दिखा ई दिया सावन सोमवार सावन का आज चौथा और अंतिम सोमवार है इस अवसर पर उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई

उधर आगरमालवा जिले में स्थित प्राचीन एवं ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी भी आज निकाली गई सतना जिले के चित्रकूट में हजारों श्रद्वालुओं ने आज मंदाकिनी नदी में स्नान किया देवास डिण्डौरी में इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ रही

विभाग ने कहा है कि प्रदेश के बड़े हिस्से में आज और कल भारी वर्षा के आसार हैं

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है वहीं सतना में वर्षा का दौर जारी है राज धानी भोपाल में भी कल देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही है